इसी कम में प्रदेश के विभिन्न जिलों में सेवा सप्ताह का शूभारम्भ किया गया

उन्होंने धार्मिक सामाजिक व्यवसायिक संगठनों सहित आम लोगों से स्वच्छता ही सेवा की संकल्पना पर स्वच्छता अभियान को सफल बनाने का आह्वान किया उन्होंने कहा कि चित्रकूट सहित प्रदेश का हर एक गांव प्लास्टिक मुक्त बने इस दिशा में सभी को प्रयास करना चाहिए इस दौरान उन्होंने बुंदेलखंड के विकास के लिये कई करोड़ रूपये धनराशि की घोषणा भी की

इस अवसर पर परिवहन मंत्री अशोक कटारिया और खाद्य मंत्री चुन्नी सिंह भी मौजूद थे वाराणसी के बरियारपुर गांव में नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया जिसका शुभारम्भ राज्यमंत्री और स्थानीय विधायक रवीन्द्र जायसवाल और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि सुनील ओझा ने किया मेरठ में स्थानीय सांसद राजेन्द्र अग्रवाल ने एक स्थानीय कॉलेज में नवनिर्मित कक्ष और शौचालया का लोकार्पण कर सेवा सप्ताह की शुरूआत की आगरा में सेवा सप्ताह के पहले दिन भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने ज़िला अस्पताल में स्वच्छता अभियान चलाया और मरीज़ों को फल वितरित किये इस अवसर पर प्रदेश के समाज कल्याण राज्य मंत्री जीएसधर्मेश और सांसद एसपीबघेल प्रमुख रूप स मौजूद रहे कुशीनगर में भाजपा विधायक रजनी कांत मणि त्रिपाठी और भाजपा कार्यकर्ताओं ने ज़िला अस्पताल में स्वच्छता कार्यकम चलाया वहीं सोतापुर में सदर विधायक राकेश राठौर ने स्वच्छता अभियान में भाग लिया

सेवा सप्ताह के दौरान पार्टी के सांसद विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि विभिन्न भागों में आयोजित रक्तदान शिविर स्वास्थ्य और नेत्र परीक्षण सहित कई कार्यकमों में भाग लेंगे

विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों में सिंगल यूज़ प्लास्टिक के बहिष्कार और जल संरक्षण से जुड़े कार्यक्रम भी आयोजित किये जायेंगें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देशभर से सम्मान स्वरूप मिले उपहारों की ई नीलामी आज से शुरू हो गयी है

इस अवसर पर श्री पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने गंगा के पुनरूद्वार और संरक्षण के कामों के लिये इन उपहारों की नीलामी का फसला किया है

उपहारों का न्यूनतम मूल्य दो सौ रूपये और अधिकतम ढाई लाख रूपये तय किया गया है इस साल जनवरी में पहले दौर की नीलामी में प्रधानमंत्री को मिले एक हज़ार आठ सौ से ज़्यादा उपहारों की बिकी हुई थी और उससे हासिल धनराशि नमामि गंगे परियोजना के लिये दे दी गयी थी

आज हिन्दी दिवस है

इस अवसर पर गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक समारोह में हिन्दी कोएक जन आंदोलन बनाने का आहवान करते हुए कहा कि देश की विविध भाषाएं और बोलियां इसकी शक्ति हैं उन्होंने कहा कि सरकार हिन्दी को कानून और न्याय विज्ञान तथा चिकित्सा जगत के साथ साथ सभी क्षेत्रों की भाषा बनाने के लिए हरसंभव प्रयास करेगी इससे पहले गृहमंत्री ने हिन्दी दिवस के अवसर पर राजभाषा प्रस्कार प्रदान किए उन्होंने विभिन्न विभागों मंत्रालयों और कार्यालयों के प्रमुखों को हिन्दी भाषा को प्रोत्साहन देने में उल्लेखनोय प्रदर्शन के लिए पुरस्कार प्रदान किये सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडकर ने हिन्दी दिवस के अवसर पर आकाशवाणी से बातचीत की उन्होंने कहा कि अब भारतीय भाषाएं और समृद्ध हो रही हैं बाइट हिन्दी में परीक्षा प्रतिस्पर्धा की परीक्षा देने वाले छात्रों की संख्या हर साल बढ़ रही है और इसलिए जो लोगों को यह आशंका होती थी कि भारतीय भाषा का क्या होगा विल्रप्त होगी क्या तो यह विश्वास आज हो रहा है कि इंटरनेट पर भी भारतीय भाषाएं अपना परचम लहराएंगी और भारतीय भाषाएं और समृद्ध होंगी प्रदेश में हिन्दी दिवस क अवसर पर विभिन्न ज़िलों में शैक्षणिक और साहित्यिक संगठनों सहित शिक्षण संस्थानों में विचार गोष्ठियों का आयोजन किया गया जौनपुर में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के संचार विभाग द्वारा आयोजित विचार गोष्ठी में हिन्दी भाषा के विविध आयामों पर चर्चा की गयी वक्ताओं ने कहा कि इंटरनेट ने हिन्दी को वैश्विक बना दिया है और दुनिया में हिन्दी लिखने पढ़ने और बोलने वालों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है कुशीनगर में कई शैक्षणिक संस्थाओं और बैंक शाखाओं में विचार गोष्ठियों का आयोजन किया गया जहां वक्ताओं ने कहा कि हिन्दी भाषा अपनी सहजता और लोकप्रियता से देश को एक सूत्र म बांधे हुए है

संस्थान के निदेशक डॉक्टर आजाद सिंह पवार ने कहा कि किसानों के विकास के लिये हिन्दी भाषा का प्रचार प्रसार जरूरी है

आयुष मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने कल नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में यूनानी चिकित्सा केन्द्र और सिद्ध नैदानिक अनुसंधान इकाई के उद्घाटन के बाद यह जानकारी दी श्री नाइक ने आशा व्यक्त की कि यूनानी चिकित्सा केन्द्र और सिद्ध नैदानिक अनुसंधान इकाई देश के विभिन्न भागों से सफदरजंग अस्पताल आने वाले मरीजों के लिए यूनानी और सिद्ध प्रणालियों के जरिए समग्र स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करेगा श्री नाइक ने कहा कि सरकार आयुष चिकित्सा प्रणालियों के माध्यम से लोगों के स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल करने में रुचि ले रही है उन्होंने कहा कि आयुष मंत्रालय आयुष्मान भारत के तहत देशभर में डेढ़ लाख स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र खोलेगा केन्द्रीय श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने कहा है कि सरकार आम नागरिकों के कल्याण के लिये प्रतिबद्ध है और इस दिशा में कई प्रभावी कदम उठाये गये हैं

उन्होंने कहा कि अब प्रत्येक मजदूर को समय पर न्यूनतम वेतन मिलेगा